सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं की तारीखों की आज होगी घोषणा विद्यार्थियों का इंतजार होगा खत्म राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के दो सौ तेईस नये मामले आये सामने एक सौ पचासी संक्रमितों ने दी महामारी को मात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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से छह राज्यों के छह शहरों में लाईट हाउस परियोजनाओं की आधाशिला रखेंगे प्रधानमंत्री सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक आशा के तहत विजेताओं की घोषणा भी करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लागू करने में उत्क ष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे आवासन और शहरी मामलों के मंत्री तथा त्रिपुरा झारखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे झारखंड में रांची के ध्र्वा स्थित मौसी बाड़ी के पास लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण होना है इसके तहत गरीबों के लिए एक हजार आठ आवासों का निर्माण कराया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखेंगे इस परियोजना के लिए दो सौ एकड़ भूमि आवंटित की गई है

बैठक में विभिन्न परियोजनाओं कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा की गई इसमें रेल मंत्रालय भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय से जुडी परियोजनाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया लगभग एक लाख करोड़ रुपये की यह परियोजनाएं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र दिल्ली हरियाणा गुजरात तथा दादर और नगर हवेली समेत दस राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही हैं बैठक के दौरान आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन के कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के संबंधित शिकायतों पर भी चर्चा हुई प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का तेजी से व्यापक समाधान सुनिश्चित किया जाए जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनके संबंध में प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्य संचिवों को निर्देश दिया कि वे लंबित मामलों का जल्द समाधान करें और लक्ष्यों को निर्धारित तिथियों तक पूरा करें सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा आज की जायेगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम इसकी घोषणा करेंगे ये परीक्षाएं ऑफ लाइन ही होंगी रिपोर्ट के मुताबिक शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिये बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कम किये गये सिलेबस के अनुसार किया जायेगा देश में कल से सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो जायेगा यात्रियों को इससे यह सुविधा होगी कि उन्हें टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रूकना नहीं पड़ेगा इससे समय और ईधन की बचत होगी

मंत्रालय ने कहा कि फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जा रहे है ताकि सभी गाड़ियों पर लोग फास्टैग अपनी सुविधा के अनुसार लगवा सकें पिछले सप्ताह मंत्रालय ने कहा था कि अभी तक दो करोड़ बीस लाख से अधिक फास्टैग जारी किये जा चुके हैं राज्य की ग्रामीण विकस सचिव अराधना पटनायक ने सभी जिलों में चल रही दीदी बाड़ी योजना की समीक्षा की उन्होंने वर्चुवल माध्यम से पचहत्तर संकुल संगठन की दीदियों से योजना की जानकारी ली इस दौरान उन्हें बताया गया कि तीन लाख से ज्यादा परिवार इस योजना से जुड़े हैं और उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है श्रीमती पटनायक ने अगले तीन माह में दो लाख और महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत राज्य की पहली महिला लाभुक को चतरा जिले में पांच लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया महिला लाभुक रूपा देवी को चेक सौंपते हुए उपायुक्त दिव्यांशु झा ने बताया कि इनके पति जयकुमार सिंह की इसी वर्ष वियतनाम के हनोई में कार्य करते हुए मौत हो गई थी विश्व में भारतवंशियों से संपर्क करने के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता वेबसाइट और मोबाइल ऐप की शुरूआत की है एक टवीट में कल श्री मुरलीधरन ने बताया कि यह वेबसाइट हमारे भारतवंशियों विदेश मंत्रालय और विदेश में स्थित मिशनों के बीच संचार प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगी और भारतवंशियों को घनिष्ट रूप से जोड़ने में मदद करेगी

इसके साथ ही यहां कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख चौदह हजार आठ सौ तिहत्तर हो गई है हालांकि इनमें से एक लाख बारह हजार दो सौ छह संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छह सौ चालीस है पिछले चौबीस घंटे में एक सौ तिरासी मरीजों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर करीब अंठानबे प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है

आयकर विभाग ने कहा है कि करदाताओं को कोविड महामारी के कारण कुछ शर्तों के पालन में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है

आयकर विभाग ने तीसरी बार रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई है

कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र सरकार की छठे दौर की बातचीत हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में हुई और सकारात्मक रूप से संपन्न हुई श्री तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढाने की जरूरत है

बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री बादल ने कहा कि राज्य में तीन लाख से भी ज्यादा किसानों के खाते एनपीए हैं इस पर भी सरकार आने वाले दिनों में सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी श्री बादल ने कहा कि फिलहाल किसानों के पचास हजार तक का ऋण माफ हुआ है लेकिन सरकार की मंशा दो लाख रुपये तक का ऋण माफ करने की है

इस दौरान उन्होंने कटकमदाग रेलवे साइडिंग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री बंसल ने बताया कि दो हजार बाईस तक बरकाकाना रांची रेलवे लाईन का निर्माण कार्य पूरा हो जएगा मौसम विभाग ने नये साल के पहले दिन एक जनवरी को मौसम खुशनुमा रहने की उम्मीद जतायी है रांची समेत राज्य के किसी भी हिस्से में इस दिन मौसम में बदलाव नहीं होगा इस कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एक जनवारी को सुबह में धुंध रहेगी और बाद में आसमान साफ हो जायेगा मौसम में बदलाव दो जनवरी के बाद देखने को मिलेगा अखबारों की सुर्खियां लगभग सभी अखबारों ने आंदोलनरत किसानों के साथ सरकार की दो बिंदुओं पर बनी सहमति से संबंधित खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है इसके अलावा झारखंड के थानो में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की घोषणा से संबंधित खबर को भी लगभग सभी समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने एक जनवरी को सीरम और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सिन को मंजूरी मिलने की संभावना से संबंधित खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है दैनिक हिन्दुस्तान ने केंद्र और किंसानों के बीच बर्फ पिघलने की उम्मीद से संबंधित खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने कोरोना वायरस के नये रूप के प्रसार से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मंजूरी मिलने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है हिन्दुस्तान टाईम्स ने भी ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मंजूरी मिलने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है द टाईम्स ऑफ इंडिया ने दो बिंदुओं पर किसानों और सरकार के बीच बनी सहमति की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है